आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बडा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका उसकी आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है उन्होंने भारत को धन्यवाद देने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति के टवीट का जिक्र भी किया प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की इसलिए सेवा कर पा रहा है कि वह दवायें और टीके बनाने में सक्षम और आत्म निर्भर है उन्होंने कहा कि भारत जितना सक्षम होगा उतना ही अधिक मानवता की सेवा कर सकेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपने साथ साथ दुनिया की भी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है

भारतीय क्रिकेट टीम की शुरूआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला जीतने की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की उन्होंने कहा कि खिलाडियों की मेहनत और टीम भावना सबको प्रेरित करने वाली है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ज़िला के शिलारू में निर्माणाधीन फल व सब्जी मंडी के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों व बागवानों को इसका लाभ मिल सके उन्होंने आज सब्जी मंडी स्थल का निरीक्षण किया

इससे पहले मुख्यमंत्री ने नारकंडा में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना सुरेश भारद्वाज इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के खलीनी में मन की बात कार्यक्रम को सुना उन्होंने युवाओं से नवाचारों के साथ आगे आने का आहवान किया सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी विकास विभाग युवाओं को नवाचारों के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा उन्होंने कहा कि शिमला शहर में अनेक स्थानों पर रीडिंग रूम व बुक कैफे बनाए जाएंगे पुरस्कार बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश को देशभर में अव्वल आंका गया है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में तुलनात्मक अध्ययन के बाद हिमाचल को अव्वल आंका

उन्होंने कहा कि बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एलोपैथिक आयुर्वेदिक व पशु चिकित्सा अस्पतालों में प्रभावी कदम उठाए गए हैं

इस वर्ष केन्द्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपब्लध होगा और इसे एंड्रोइड और आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है